ओम बिड़ला भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं वे राजस्थान के कोटा से दो बार सांसद चुने गए उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरा संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह और नितिन गडकरी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा बीजू जनता दल शिवसेना अकाली दल लोक जनशक्ति पार्टी वाई एस आर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और एआईए डीएमके ने प्रस्ताव का समर्थन किया प्रहलाद जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया लेकिन वह ओम बिड़ला की उम्मीनवारी का विरोध भी नहीं करेगी भाजपा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे उन्होंने स्वयं पर भरोसा व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया जेपी नड्डा को कल नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में भारतीय जनता पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था श्री नड्डा का आज संसद के बाहर संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी और अन्य पार्टी सांसदों ने स्वागत किया उनके सम्मान में आज भाजपा मुख्यालय में भी एक कार्यक्रम हुआ जहां गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे सीएम और जावडेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवाय मंत्री प्रकाश जावडेकर से मुलाकात कर प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा क्षेत्रों में प्नर्निर्माण कार्यों की तात्कालिकता चारधाम आलवेदर रोड पी एम जी एस वाई ग्रामीण विद्युतिकरण आदि महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण विषयों पर जल्द निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेंजर्स कालेज का संचालन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है यहां काफी जमीन खाली है जिसका उपयोग भविष्य में स्मार्ट सिटी योजना नेशनल गेम्स आदि कार्यक्रम आयोजित करने में किया जा सकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर बागेश्वर नई रेल लाइन एक महत्वपूर्ण प्रस्तावित रेल परियोजना है वर्तमान में टनकपुर तक रेल लाइन स्थापित है लेकिन कुमाऊं मण्डल के अन्य जनपद पिथौरागढ़ बागेश्वर पूर्ण रूप से पर्वतीय होने के कारण यहां आवागमन कठिन है इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज करने पर्यटक स्थलों का विकास करने और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना बेहद जरूरी है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली और हल्द्वानी के बीच एक विशेष रेलगाड़ी और देहरादून से काठगोदाम के लिए सुबह के समय एक शताब्दी या जनशताब्दी गाड़ी शुरू करने के साथ ही रूड़की देवबंद परियोजना का काम पूरा करने के लिए वित्त पोषण रेल मंत्रालय से किए जाने का भी आग्रह किया डांस कार्यक्रम पर एडवाइजरी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी करके सभी निजी टी वी चैनलों से डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को उपयुक्त रूप से दिखाने को कहा है मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि देखने में आया है कि कई डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चे ऐसी मुद्राएं करते हैं जो उनकी आय को देखते हुए उचित नहीं होतीं फिल्मों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों में वयस्क कलाकार ऐसा करते हैं ऐसी मुद्राओं से गलत संकेत भी जाते हैं और इनसे बच्चों पर तनाव भी बनता है मंत्रालय के अनुसार सभी टी वी चैनलों से उम्मीद की जाती है कि वे केबल टेलीविजन नेटर्वक्स नियमन कानून के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में निर्धारित प्रावधानों का पालन करें इन नियमों के अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम टी वी पर नहीं दिखाया जा सकता जिसमें बच्चों को अशोभनीय ढंग से पेश किया जाये

यह धनराशि पिछले वर्ष के मुकाबले पांच करोड़ रुपये अधिक है

इसके लिए उन्होंने अधिकारियों की सराहना की

उन्होंने कहा कि जिला नियोजन समिति के सहयोग से ही टिहरी में शत प्रतिशत बजट व्यय किया गया है जन औषधि केंद्र टिहरी जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किये गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं नई टिहरी स्थित बौराड़ी जिला अस्पताल में भी जन औषधि केंद्र खुला है जिससे लोगों को काफी सुविधा हो रही है पहले महंगे इलाज के साथ ही महंगी दवाइयों को खरीदने में मरीजों और तीमारदारों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी

इस जन औषधि केंद्र में आसपास के इलाकों के लोग भी दवाइयां खरीदने आते हैं

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से खासकर उन गरीबों को काफी फायदा हुआ है जो बमुश्किल परिवार का पेट पाल रहे हैं सस्ते में दवाइयां उपलब्ध होने से वे स्वस्थ जिन्दगी जी पा रहे हैं

योग दिवस के लिए प्रदेशभर में उत्साह का माहौल है और जगह जगह योग उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं इसी कड़ी में अल्मोड़ा के विवेकानंद हिमालयी विकास केंद्र द्वारा रामजे इंटर कॉलेज में योग प्रतियोगिता आयोजित की गई प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एचएस धामी ने किया इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है उन्होंने कहा कि योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और बाबा रामदेव द्वारा पहल की गई है उन्होंने कहा कि योग में शारीरिक विज्ञान निर्धारित है

इस संबंध में जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उप जिलाधिकारियों के साथ योग दिवस के कार्यक्रमों पर चर्चा की

उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए जिला विकास प्राधिकरण के सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया है उन्होंने उप जिलाधिकारियों को अपने अपने तहसील क्षेत्रों में योग दिवस मनाने के लिए जगहों को चिन्हित करने और वहां साफ सफाई करवाने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी संस्थाएं योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम कें प्रतिभाग करना चाहती हैं वे सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकती हैं नैनीताल हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने औली में हो रही गुप्ता भाइयों की शाही शादी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने चमोली जिलाधिकारी और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शादी की निगरानी करने का आदेश दिया है

मौसम प्रदेश में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लोगों को तेज गरमी से राहत बरकरार रहेगी

विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आएगी इस बीच देहरादून में आज दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और मौसम खुशगवार रहा

उम्मीद की जा रही है कि अगले तीन दिनों तक तापमान में और गिरावट आ सकती है